हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचदं शर्मा ने कहा है कि परिवहन विभाग में बसों और कर्मचारियों की कमी शीघ्र द्र की जायेगी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी नागरिक अस्पताल में निर्माणाधीन कैंसर उपचार केन्द्र का औचक निरीक्षण किया और कहा कि ये उत्तरभारत का बेहतरीन अस्पताल होगा भिवानी के तोशाम क्षेत्र में रोडवेज की बस और मोटर साइकिल की टक्कर में तीन व्यक्ति मारे गये केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि विदेशी निवेशकों ने भारत में लगातार अपना विश्वास दिखाया है

विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के रचनात्मक समाधान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हये वित्तमंत्री ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर राजस्व की वसूली में लगातार वृद्वि हई है उन्होंने कहा कि युवाओं की बेहतरी के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज पार्टी के विचारक दीन दयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वांजलि दी पार्टी मुख्यालय में उनकी प्रतिमा पर पुषपांजलि अर्पित करते हये श्री नड्डा ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय एक महान विचारक और द्रदर्शी थे श्रद्वांजलि अर्पित करते हये सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जवाड़ेकर ने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय सम्पूर्ण मानवतावाद के अग्र दूत और सबके लिए प्ररेणास्त्रोत थे हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि परिवहन विभाग में बसों और कर्मचारियों की कमी शीघ्र द्र की जायेगी आज चंडीगढ़ में पविहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद श्री शर्मा ने कहा कि पविहन मंत्री अधिकारियों को विभाग के वाणिज्यिक और रेग्लेटरी विंग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि विभाग के रेगुलेटरी विंग में कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल के पदों को प्रति नियुक्ति आधार पर भरने के लिए पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा जायेगा ताकि सीमा से ज्यादा सामान लादने वाले वाहनों की समुचित जांच के लिए कर्मचारी उपलब्ध हो सकें

चौथे विश्व यूनानी दिवस के मनाने की श्रूआत आज नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पद्वति बारे दो दिवसीय अंतर राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू करके की गई सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हये इस वर्ष के सम्मेलन का थीम है यूनानी चिकित्सा का अच्छे स्वास्थ्य का सतत विकास उद्देश्य प्राप्त् करने के लिए इस्तेमाल कांफ्रेस के दौरान यूनानी चिकित्सा प्रणाली क जाने माने हकीमों और खोज विद्वानों को सम्मानित करते हये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूनानी चिकित्सा प्रणाली में प्रयोग होने वाली दवाओं का मानकीकरण होना चाहिए और इस क्षेत्र मे शोध कार्य को बढ़ाया जाना चाहिए मंत्री ने कहा कि इस पद्वति में प्रयोग की जाने वाली दवायें प्राकृतिक एवं सुरक्षित है उन्होंने कहा कि ये पद्वति कई रोगों के खिलाफ समय समय पर परखी जा च्की है

स्वास्थ्य मत्री अनिल विज ने आज अम्बाला छावनी नागरिक अस्पताल में निर्माणाधीन कैंसर उपचार केन्द्र का औचनक निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान श्रीविज ने कैंसर उपचार के निर्माण कार्य की विस्तार से बिंद्वार जानकार ली इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते ह्ये उन्होंने बताया कि यह अस्पताल उत्तर भारत का बेहतरीन अस्पताल होगा और यहां पर उपचार की अत्याध्रनिक चिकित्सा विधियां उपलब्ध रहेंगी उन्होंने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कैंसर उपचार केन्द्र में मरीज़ो के साथ आने वाले पारिवारिक सदस्यों के बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कैंसर उपचार केन्द्र के निचले खंड में थैरीपी प्रथम तल पर ओपीडी द्वितीय तल पर जरनल वार्ड तृतीय तल पर शल्य चिकित्सा कक्ष की व्यवस्था के साथ साथ अन्य सभी अत्याध्रनिक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध होगी पत्रकारों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देते हये स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कैंसर उपचार केन्द्र में स्टाफ की भी व्यापक व्यवस्था रहेगी नये पद मंजूर किये गये है एंडोस्कोपी के लिये भी अलग से चिकित्सक की व्यवसथा रहेगी

मानेसर भूमि घोटला मामले में आज पंचकूला की सीबीआई अदालत में बहस पूरी हो गई

पिछली सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा सहित सभी आरोपियों पर लगे आरोपों को लकर बहस पूरी हो गई थी जबकि एक आरोपी के मामले में बहस होना बाकी था जिसे आज पूरा किया गया

इन सभी रेलगाडियों पर अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन से सवारी की जा सकेगी अम्बाला मंडल वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी हरि मोहन ने बताया कि इन विशेष रेलगाडियों में आंनद विहार टर्मिनल श्री माता वैष्णो देवी कटड़ाबइ़िठा वाराणसी नंगल डैम लखनऊ श्री माता वैष्णों देवी कटड़ा वाराण्सी और सहारनप्र अम्बाला छावनी शामिल है ये रेलगाडियां दोनों दिशाओं में चलेगी

भिवानी के तोशाम क्षेत्र में रोडवेज बस और मोटरसाइकिल की टक्कर में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई मृतकों में मोटरसाइकिल सवाल व्यक्ति उनकी पुत्रवध् व पोती शामिल है हमारे संवाददाता ने बताया है कि मृतक बवानीखेड़ा के गांव पपोसा के निवासी थे पुलिस ने बताया कि मतिका कविता के भाई की शिकायत पर रोडवेज बस चालक के खिलाफ मामला दर्जकर लिया गया है